मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रथयात्रा की अगुवाई की इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया मेर्ल के समापन के बाद भगवान रघ्नाथ जी सुल्तानपुर स्थित अपने मंदिर में लौट आए हैं इसके साथ ही मेले में भाग लेने पहुंचे करीब तीन सौ देवी देवता भी अपने अपने स्थानों के लिए रवाना हो गए हैं

इससे राजस्व पर दो सौ करोड़ रूपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा

हैली टैक्सी मनाली में आज से हैली टैक्सी सेवा शुरू हो गई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हैली टैक्सी सेवा को हरी झंडी दिखाई मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने और रोहतांग जाने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए ही ये सेवा श्रू की गई है मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अन्य पर्यटक स्थलों पर हैली टैक्सी सेवा शुरू करने की बात कही

स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने आज सुलह विधानसभा क्षेत्र के अक्षेणा में जनसुनवाई करने के बाद एक जनसभा में ये जानकारी दी

परमार ने कहा कि युवाओं को स्वावलम्बी बनाने और उन्हें स्वरोजगार देने के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाए चलाई हैं राजीव सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने अधिकारियों को अनुसूचित जाति उप योजना के तहत चलाए जा रहे विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं सिरमौर जिले के राजगढ़ में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि जिले में उपयोजना के तहत इस वित्त वर्ष में एक सौ एक करोड़ रूपए खर्च किए जा रहे हैं सैजल ने कहा कि विकास कार्यो में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए बिंदल केन्द्रीय पर्यावरण व जलवाय् परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से नाहन में तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण व वन्य जीव फिल्म उत्सव का आयोजन किया गया है

मुख्य सचिव मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने वितीय धोखाधड़ी के बारे में आम लोगों को जागरूक करने के लिए वितीय साक्षरता शिविर लगाने पर बल दिया है शिमला में आज राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड के समन्वय से ये शिविर लगाए जाने चाहिए मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य के सभी तीन मण्डल स्तरों पर वितीय साक्षरता कार्यशालाएं लगाई जाएंगी कांग्रेस आगामी लोकसभा चूनाव के लिए प्रदेश की सभी छोटी बड़ी राजनैतिक पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है भाजपा द्वारा सभी चार संसदीय क्षेत्रों में बैठकें आयोजित की जा रही हैं जबकि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने आज शिमला में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी रणनीति पर चर्चा की उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में चर्चा की और रणनीति पर विचार विमर्श किया

उना में अभियान की शुरूआत करते हुए उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने अधिकारियों व कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई उन्होंने कहा कि अगले दो महीने में सरकारी कार्यालयों और अन्य स्थानों पर साफ सफाई की जाएगी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 नमस्कार